प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से अतिभारी वर्षा होने की चेतावनी

अट्ठाईस अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल चार बैठकें होंगी सत्र के पहले दिन आज सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्वांजलि दी गई पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी सहित चार अन्य दिवंगत नेताओं को श्रद्वांजलि दी गई इनमें अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे पूर्व मंत्री बलिहार सिंह और लोकसभा की पूर्व सांसद रजनीगंधा देवी शामिल हैं वहीं बीते जून महीने में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष के दौरान शहीद हुए जवानों को भी सदन में श्रद्धांजलि दी गई इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह बहुजन समाज पार्टी के विधायक केशव चन्द्रा सहित सदन के अनेक सदस्यों ने दिवंगत विभूतियों को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व के साथ ही समाज को दिए गए उनके योगदान का स्मरण किया इसके बाद सदन में सभी सदस्यों ने दिवंगत विभूतियों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई

इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि चार दिवसीय सत्र के लिए विधायकों ने पांच सौ उनयासी प्रश्न लगाए हैं इनमें तीन सौ चार तारांकित और दो सौ पचहत्तर अतारांकित प्रश्न हैं उन्होंने बताया कि अभी तक चार स्थगन सूचनाओं के साथ ही अंठानवे ध्यानाकर्षण तीन अशासकीय संकल्प और सात शून्यकाल की सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं विधानसभा में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है सदन में मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों और विधायकों के आसन के सामने ग्लास का पार्टीशन लगाया गया है सत्र के दौरान सदन और विधानसभा के पूरे परिसर को हर दिन सेनिटाईज भी किया जाएगा पुलिस शौर्य सम्मान छत्तीसगढ़ में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले पुलिस के जवानों और अधिकारियों को शौर्य सम्मान दिया जाएगा यह घोषणा राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने की है उन्होंने बताया कि राज्य निर्माण के समय से लेकर अब तक वीरता के उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को शौर्य सम्मान से विभूषित किया जाएगा इनमें आरक्षक से लेकर आईपीएस अधिकारी तक शामिल होंगे सम्मानित होने वाले जांबाज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डिस्क प्रदान की जाएगी जिसे वे वर्दी पर लगा सकेंगे साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा राज्य में पहला शौर्य सम्मान कार्यक्रम वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर दस दिसंबर को आयोजित किया जाएगा इस शौर्य सम्मान के लिए अधिकारी कर्मचारी अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नोडल अधिकारी को तीस सितंबर तक भेज सकते हैं इसके लिए किसी अधिकारी की अनुशंसा की जरूरत नहीं पड़ेंगी एआईजी सुरक्षा को नोडल अधिकारी बनाया गया है कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है राजनांदगांव में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित उनसठ नये मरीज मिले हैं इनमें से तीस राजनांदगांव शहरी क्षेत्र के हैं वहीं कांकेर जिले में आज तेईस नये कोरोना मरीजों की पहचान हुई है इनमें तालबेड़ा शिविर में पदस्थ बीएसएफ के तेरह जवान शामिल हैं वहीं कांकेर अस्पताल में भर्ती बांदे गांव की एक महिला कोरोना मरीज की कल मौत हो गई उधर बीजापुर जिले के पुसगुड़ी निवासी कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग की रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई जिले में इस समय कोरोना के तैंतीस सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है उधर कबीरधाम जिले में कल रात एक कोरोना मरीज की मौत हो गई जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश तिवारी ने बताया कि मृतक दारगांव का निवासी था इधर महासमुंद जिले में कोरोना मरीजों की इलाज के लिए दो नई एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है इस बीच महासमुंद जिले में आज कोरोना संक्रमित चौदह नये मरीज मिले हैं वहीं रायगढ़ में आज जिंदल अस्पताल परिसर में ट्रू नॉट कोविड नाइंटिन लैब का शुभारंभ किया गया यहां हर रोज चालीस सैंपलों की जांच की जा सकेगी इस बीच आज रायगढ़ जिले में पचहत्तर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उधर कोरबा जिले में दो दिवसीय शिविर लगाकर जिला पंचायत के नब्बे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वाब सैंपल लिए गए कोरोना मरीज स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और फर्जी खबरों की सच्चाई बताने के लिए हम लगातार आपको सही जानकारी देते आ रहे हैं इसी क्रम में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि देश के हर एक नगर पालिका में कोविड नाइंटिन के प्रत्येक रोगी को केंद्र सरकार द्वारा डेढ लाख रूपये की मदद उपलब्ध कराई जा रही है सरकार ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि इसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है जीएसटी छूट केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चालीस लाख रुपए तक के सालाना कारोबार को वस्तु और सेवा कर जीएसटी से छूट दी जाएगी इसके पहले यह सीमा बीस लाख रुपए तक थी वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसके अतिरिक्त डेढ़ करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार पर संयोजन योजना का विकल्प चुना जा सकता है इस योजना के तहत केवल एक प्रतिशत कर देना पड़ता है लाइसेंस परमिट वैधता केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता इकतीस दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है इनमें फिटनेस परमिट लाइसेंस पंजीकरण या किसी अन्य संबंधी दस्तावेज शामिल हैं देश में कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई कि अब ऐसे दस्तावेज की वैधता इकतीस दिसम्बर तक वैध मानी जाएगी इस फैसले से लोगों को परिवहन सम्बंधी सेवाएं हासिल करने में मदद मिलने की सम्भावना है गौरतलब है कि कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण दस्तावेजों की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाई गई है

यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की अड़सठवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि उन्हें इस कार्यक्रम के लिए लोगों के विचार और सुझावों की प्रतीक्षा है उन्होंने कहा कि लोग माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार साझा कर सकते हैं इसके अलावा वे टॉल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर सकते हैं और संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं लोग प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव देने के लिए एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर मिले लिंक को फॉलो कर सकते हैं भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने आज छत्तीसगढ़ सहित बाईस राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों सहित अन्य पदाधिकारियों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेकर ई बुक निर्माण की प्रगति की समीक्षा की श्री नड्डा ने कहा कि पूरे देश में कोरोना संकट के दौरान राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर सेवा कार्य किए हैं लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी देश भर में अपने अपने स्थान पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं के कार्य किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव के अनुरूप भाजपा कार्यकर्ताओं के इन सेवा कार्यो को स्थाई रूप से दस्तावेज की शक्ल में दर्ज करने के लिए ई ब्क बनाने का निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में मंडल और जिला स्तर पर अलग अलग ई बुक बनाए जाएंगे इस ई बुक को अगले महीने के पहले हफ्ते तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है छत्तीसगढ़ से बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु देवसाय संगठन महामंत्री पवन साय ईबुक निर्माण समिति के संयोजक सच्चिदानंद उपासने सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए एसईसीएल उपलब्धि देश में कोयले की बढ़ती मांग को देखते हुए कोल इंडिया ने अगले चार वर्षो में एक बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बिलासपुर स्थित साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड ने कोयला उत्खनन की नई तकनीकी पर करीब डेढ़ हजार करोड़ रूपए का निवेश किया है इसके तहत कोयला की खुदाई में नई मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा एसईसीएल ने अपनी श्रम शक्ति को बढ़ाने के लिए तीन सौ से अधिक तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती भी की है वहीं दस भूमिगत खदानों में पर्यावरण संबंधी निगरानी के लिए टेली मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं वर्तमान में एसईसीएल क्षेत्र में कोयला उत्पादन के लिए गेवरा क्समुंडा और दीपका की खुली खदानों में बड़ी परियोजनाएं संचालित हैं गौरतलब है कि पिछले वर्ष एसईसीएल द्वारा एक सौ पचास मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया था जो कि कोल इंडिया के कुल उत्पादन का एक चौथाई हिस्सा है रेलवे बैठक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकरियों ने बिलासपुर मुख्यालय में इस्पात और लौह अयस्क से संबंधित ग्राहकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की इस बैठक में बिलासपुर रेलवे जोन के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने लौह खनिज के परिवहन सहित अन्य विषयों पर ग्राहकों की समस्याओं और सुझावों को लेकर चर्चा की बैठक में बिलासपुर रेलवे जोन की आय में बढ़ोतरी के लिए सार्थक कदम उठाने की खातिर एक विशेष इकाई के गठन को भी मंजूरी दी गई बैठक में बताया गया कि भारतीय रेलवे द्वारा माल दुलाई को प्रोत्साहित करने तथा सभी रेलवे जोन की आय में बढ़ोतरी के लिए व्यापार विकास इकाई का गठन किया गया है इस बीच रायपुर रेलमंडल ने भी ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन को लेकर आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए संगोष्ठी का आयोजन किया इसमें रेलवे के तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों ने रेल डिब्बों के पटरी से उतर जाने या डिब्बों के दरवाजें अचानक खुल जाने जैसी घटनाओं से बचाव के उपायों पर चर्चा की गई मनरेगा राशि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत मजदूरों के भुगतान के लिए करीब छियालीस करोड़ रूपए जारी कर दिए हैं राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत अब तक लगभग छब्बीस लाखपरिवारों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराते हुए उन्हें दो हजार इंक्यानवे करोड़ रूपए से अधिक की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है इसमें राज्य सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों को उपलब्ध कराए गए पचास अतिरिक्त दिनों के रोजगार के एवज में करीब पचानये करोड़ रूपए का मजदूरी भुगतान भी शामिल है

के लिए इस वर्ष स्वीकृत कुल साढ़े तेरह करोड़ मानव दिवस रोजगार दिए जाने का लक्ष्य है इसमें से अब तक करीब साढ़े नौ करोड़ मानव दिवस का रोजगार मजदूरों को दिया जा चुका है उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में पांच महीने से भी कम समय में साल भर के लक्ष्य का लगभग तीन चौथाई रोजगार मजदूरों को दिया जा चुका है मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी से अतिभारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश की ऊपरी हवा में एक चक्रीय चक्रवात बना हुआ है वहीं राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है इन दोनों के प्रभाव से प्रदेश में अगले दो तीन दिनों तक वर्षा होने के आसार हैं इस बीच पिछले कुछ दिनों से हुई अच्छी वर्षा के कारण इस समय प्रदेश के नदी नालों और बांधों का जलस्तर भी बढ़ रहा है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य की विभिन्न न्यूज वेबसाइट और पोर्टल के इम्पैनलमेंट की कार्यवाही शुरू की जा रही है इस संबंध में कल से लेकर दस सितंबर तक ऑनलाईन आवेदन किए जा सकते हैं पत्र सूचना कार्यालय रायपुर और रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान पर कल दोपहर बारह बजे से वेबीनार का आयोजन किया जाएगा कोंडगांव जिले में नौकरी लगाने के नाम पर एक युवक से ठगी करने का मामला सामने आया है पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है जगलदपुर पुलिस ने एक वाहन से चौरासी किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जब्त गांजे की कीमत करीब चार लाख रूपए बताई जा रही है सुकमा जिले के एर्राबोर इलाके में माओवादियों ने एक निजी मोबाइल कंपनी के टावर को बीती रात आग के हवाले कर दिया राजनांदगांव जिले के गंडई में रेमड़वा नदी में नहाते समय एक आठ वर्षीय बालक पानी के भीतर चट्टान में फंस गया था बचाव दल द्वारा करीब आठ घंटे की मेहनत के बाद इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नारायणपुर में आज से शुरू हुए राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे